मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है

प्रधानमंत्री नोटबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी से कालेधन को कम करने आयकर अनुपालन और प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने तथा पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिली दवीटर पर श्री मोदी ने कहा कि इन परिणामों से राष्ट्र की प्रगति को बहुत फायदा हुआ है चार साल पहले वर्ष दो हजार सोलह में आठ नवंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधन में भ्रष्टाचार और कालेघन के जाल को तोड़ने के लिए नोटबंदी की घोषणा की थी श्री मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार कालेघन और जाली मुद्रा से लडाई में आम आदमी के हाथ मजबूत होंगे दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज एक पत्रकारवार्ता ाके संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहचा उन्होंने कहा कि इसे लागू करने के सारे उद्देश्य असफल साबित हुए हैं

मुख्यमंत्री पाटन दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है मुख्यमंत्री कल पाटन ब्लॉक के ग्राम सेलद पहंचे और यहां करीब आठ करोड रूपये की लागत से मिनी स्टेडियम बनाने और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पाटन ब्लॉक के ग्राम पतोरा भी पहंचे और वहां महिला स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे छत्तीसंगढ़ी व्यंजनों और सजावटी सामग्रियों का अवलोकन किया उन्होंने बिहान बाजार की बुकलेट का लोकार्पण भी किया मुख्यमंत्री आज दूर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र के आर जामगांव पहंचे और वहां आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्र में मौजूद बच्चों का हौसला बढ़ाया मुख्यमंत्री ने जामगांव के अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग आती है ऐसी सुविधाएं बढ़ाने में कुछ वक्त लगेगा लेकिन तब तक मोबाइल मेडिकल यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाएगी इसमें डॉक्टर और अन्य स्टाफ होंगे इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिये विभिन्न प्रकार की जांच मौके पर ही हो सकेगी

किसान आत्महत्या रिपोर्ट रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के ग्राम तोरला में बीते दिनों एक किसान प्रकाश तारक द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामर्ल को लेकर गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है रिपोर्ट में मृतक किसान पर कोई कर्ज बकाया नहीं होने उसके परिवार को नियमित रूप से पीडीएस का राशन मिलने और उसके अवसाद से ग्रसित होने का उल्लेख किया गया है वहीं पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में किसान की फसल की स्थिति को सामान्य बताया है इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में जांच सभिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा है कि मृतक किसान अवसाद से ग्रसित नहीं था बल्कि उसकी फसल को नुकसान पहंचा था श्री कौशिक ने राज्य सरकार से मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है श्री कौशिक ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें इक्कीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकली दवा अमानक खाद और नकली बीज के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है

वर्तमान में तेईस हजार से अधिक मरीजों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है इस बीच कल प्रदेश में एक हजार पांच सौ इकहत्तर नये मामले सामने आए हैं वहीं कोरोना से कल बाईस लोगों की मृत्यु भी हुई है राज्य भें कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए वर्तमान में रोजाना बाईस हजार से पच्चीस हजार नमूनों की जांच की जा रही है वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बेहतर रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से चार हजार आठ सौ सत्ताईस ऑक्सीजनयुक्त बेड बढ़ाने की तैयारी की जा रही है फिलहाल राज्य में ढाई हजार से अधिक ऑक्सीजनयुक्त बेड़ उपलब्ध हैं स्वास्थ्य विमाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में उनतीस डेडिकेटेड कोविड केयर अस्पताल और एक सौ सत्ताईस कोविड सेंटर संचालित किए जा रहे हैं इस बीच राजधानी रायपुर की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता दुबे ने ठंड के दिनों में गर्भवती और शिश्ववती महिलाओं को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमित शिश्ववती महिलाएं सावधानी बरतते हुए मास्क लगाकर और अच्छी तरह हाथ धोकर बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं वहीं महासमुद के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एनके मंडपे ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है ऐसे में लोग इसे हल्के में न लें इस बीच धमतरी जिले की समाजसेविका सरिता दोषी ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

उन्होंने कहा कि जिलेवार जारी मेडिकल बुलेटिन में कोरोना से हुई मृत्यू का उल्लेख रहता था लेकिन कुछ दिनों से जारी बुलेटिन में पिछले चौबीस घंटों के दौरान तथा पहले हुई मृत्यू के आंकड़े शामिल रहते हैं श्री कौशिक ने कहा कि कोरोना से होने वाली मृत्यू को सरकार इन रिपोर्ट में शामिल क्यों नहीं कर रही है श्री कौशिक ने कहा कि गलत मेडिकल बुलेटिन जारी करने से सरकार की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है इधर स्वास्थ्य विमाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोविड मृत्यु के प्रमाणिक आंकड़े जिलों से मिलने पर मीडिया बुलेटिन में शामिल किए जाते हैं कई बार अस्पतालों द्वारा समय पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण मृत्यु की जानकारी मिलने और उसकी पुष्टि करने में विलंब होता है विभाग ने स्पष्ट किया है कि मृत्यु के गलत आकड़े नहीं दिए जा रहे हैं और न ही छपाए जा रहे हैं बल्कि जानकारी मिलने के बाद उन्हें दैनिक मीडिया बुलेटिन में शामिल किया जाता है इस बीच कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विभाग प्रमुखों से कहा है कि बेहद जरूरी होने पर ही बैठकों का आयोजन किया जाए इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को पत्र लिखकर वर्च्रअल मीटिंग करने की सलाह दी गई है

वहीं मुठभेड़ में दो जवान घायल हो गए हैं पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पामेड़ थाना क्षेत्र के भट्टीगुड़ा के पास तेलगाना राज्य के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच करीब एक घंटे तक मुठभेड हुई इसके बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक माओवादी के शव के अलावा चार हथियार चालीस से पचास पाईप बम और गोला बारूद बरामद किया वहीं मुठभेड़ में घायल हुए जवानों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से तेलंगाना के अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया है इधर दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने तीन किलो वजनी टिफिन बम बरामद किया है जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया यह बम माओवादियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया था वही सुकमा जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों ने एक माओवादी स्मारक को ध्वस्त किया है

इस अवसर पर डॉक्टर नायक ने कहा कि महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा उन्होंने छह वर्ष प्राने एक प्रकरण में आवेदिका को न्याय दिलाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश प्रलिस अधिकारियों को दिए

इस अवसर पर जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में स्वर्गीय पटेल को श्रद्वांजलि देने प्रार्थना समाए और गोष्ठी का आयोजन किया गया वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में कांग्रेसजनों ने स्वर्गीय पटेल को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित की इस मौके पर प्रर्देश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय पटेल को याद करते हुए कहा कि वे जमीन से जुड़े जननेता थे और छत्तीसगढ़ को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखा करते थे शीत प्रबंधन प्रदेश के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ठंड के मौसम में शीतलहर और पाला की स्थिति उत्पन्न होने पर लोगों को इससे बचाने के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं इस संबंध में सभी संभाग आयुक्तों कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है शीतलहर के प्रकोप और बचाव से प्रबंधन के लिए स्थानीय यूनिसेफ रेडक्रॉस सोसायटी और अशासकीय संगठनों से भी सहयोग लिया जाएगा जारी निर्देश के अनुसार राज्य के किसी भी जिले में शीतलहर की स्थिति में शीत प्रकोप से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था करने और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने चिकित्सा दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही शीतलहर के कारण यदि किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसकी सूचना देने ई मेल आईडी और फैक्स नंबर जारी किए गए हैं संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यवहार न्यायाधीश दो हजार उन्नीस के अम्यर्थियों के लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट क्रम में वर्गवार मुख्य चयन सुची और अनुपूरक सुची जारी कर दी गई है राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने चौरानवे प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं बलरामपुर जिले के कमलपुर ग्राम पंचायत में शासकीय निर्माण कार्य में करीब बारह लाख रूपये गबन के मामले में पंचायत सचिव के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है कोंडागांव जिले में संबलपुर के नारंगी नदी में नहाने के दौरान डूबने से तीन किशोरों की मौत हो गई जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं सरगुजा जिले में खरसिया चौक के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम परसोड़ी में बीती रात रेत परिवहन में लगे चारपहिया वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से चालक की मौत हो गई कोंडागांव जिले के फरसगांव साप्ताहिक बाजार में प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग करने पर चौबीस व्यापारियों से जुर्माना वसुला गया है जांजगीर चांपा जिले के बरबसपुर रेत घाट के मुंशी से लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है महासमुंद जिले में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है